अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अव्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैवता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी

उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंघों पर देश के भविष्य के निर्माण के कार्य का नेतत्व करने की जिम्मेदारी है आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वह बर्बाद हो जायेगा लोग यह भी मानने लगे थे कि सबकुछ बदल सकता है लेकिन राजनीति नहीं बदलती लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर यवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना है और बेहतर व्यक्तियों के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है स्वामी विवेकानद का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामीजी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है स्वामीजी के एक कथन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्मीक निर्मल इदय साहसी और नई उम्मीदों से भरे नौजवान ही वह आधारशिला हैं जिस पर महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीजी यूवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे

देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय अध्यात्म वेदांत और योग से परिचित कराया स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वानी विवेकानद अपने विचारों और कार्यो से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वामी जी की जयंती पर उन्हे श्रद्वांजलि अर्पित की

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समी नेटवर्क और आकशवाणी समाचार की डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज आन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज आन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि आज नागरिक उडुयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली दो खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गईं एक टवीट में श्री परी ने कहा कि पणे से टीकों की साढ़े छप्पन लाख खुराक को लेकर आज एयरइंडिया स्पाइसजेट गो एयर और इंडिगो की नौ उड़ानें दिल्ली चेन्नई कोलकाता गुवाहाटी शिलांग अहमदाबाद हैदराबाद विजयवाड़ा भुवनेश्वर पटना बेंगलुरू लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई

मौसम विभाग ने प्रदेश के सहारनपुर शामली मुजफुफरनगर मेरठ बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद पीलीमीत रामपुर और बरेली के आस पास क्षेत्रों में आज और कल शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है पूर्वी जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है